प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्रहमंत्री अमित शाह और अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रतिभाग किया बैठक के उपरान्त श्री रावत ने केंद्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया

इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बीच कार्य कर रहे लोगों की की ट्रेनिंग सुनिश्चित करते हुए आमजन को इम्यूनिटी बढाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में आमजन बताया जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित राशि लेने के लिए बैंको में लाभार्थियों की एक साथ भीड़ न लगे यह भी सुनिश्चित किया जाए श्री रावत ने इस दौरान ओल्ड एज होम और अकेले घर पर रह रहे सीनियर सीटीजन का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके अलावा एनसीसी एनएसएस और अन्य स्वयंसेवकों को भी जरूरत के हिसाब से उपयोग करने के लिए प्लानिंग करने के निर्देश लिए इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन का भी सख्ती से अनुपालन कराने और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये

एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अब्रदई ने बताया है कि यह लॉक डाउन नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है लोगों को सलाह दी गयी है कि वह आवश्यक वस्तुओं हेतु लाक डाउन में दी गयी छूट के दौरान ही आवश्यक सामान लेने घरों से बाहर निकलें इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमता मिल रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ कड़ी कारवाही की जा रही है

इस संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले की सीमाएं सील है और जो जहाँ है उसको वहीं रोका गया है

इसके अलाव दो अन्य शिविरों में लोगों के रहने की भी व्यवस्था की गयी है इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन किट भी उपलब्ध करायी जा रही है

उन्होंने लाकडाउन के दौरान स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को भी कहा है

राम नवमी शुभकामनाऍ राम नवमी का पर्व आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज नवमी के साथ ही नवरात्र भी सम्पन्न हयी